देश के सशस्त्र पुलिस बलों व राज्य पुलिस बलों द्वारा ये दिन उन सभी पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद करने के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने देश के आंतरिक व बाहरी सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल व संग्रहालय देश को अर्पित किया व पुलिस कर्मियों के त्याग व बलिदान को याद किया पुलिस महानिदेशक सीता राम मरड़ी के अनुसारी इस समारोह में प्रदेश पुलिस की भी उपस्थिति रहेगी प्रवास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन जिला में अपने प्रवास के दौरान उपायुक्त कार्यालय सोलन में महिला पुलिस थाना का शुभारंभ करेंगे इसके बाद ये ठोडो मैदान में नशे के विरूद्व युवाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में परीक्षा हॉल के लोकार्पण के साथ ही मेजर ध्यान चंद खेल स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे

ये जानकारी उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी उन्होंने कहा कि पहले चरण में अब तक सौ परिवारों को ये कार्ड जारी किए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि जिले में सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाया जा रहा है कल्ल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कल कव्वाल चांद अफजल कादरी ने अपनी कव्वालियों से दर्शकों को मत्रमुग्ध किया इस दौरान इंडोनेशिया के सांस्कृतिक दल व हरियाणा व बिहार के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी आज की सांस्कृतिक संध्या में जस्सी और बबल रॉव की प्रस्तुतियों के अलावा लाफ्टर शो मुख्य आर्कषण रहेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अनुबंध चिकित्सा अधिकारियों के वेतन बढ़ाए जाने संबंधी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अनुबंध चिकित्सकों विशेषज्ञों का बढ़ेगा वेतन

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में डॉक्टरों की सेलरी में इजाफा

कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जा सकते हैं अहम निर्णय शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है कर्मचारियों को मिल सकती है दिवाली की सौगात दैनिक भास्कर की एक ख़बर है सरकारी सम्पतियों को गिरवी रखकर पांच सौ करोड़ रुपये का ऋण लेगी सरकार

हिमाचल दस्तक ने ख़बर दी है बेटियों के लिए पहली बार बनेगा गुड़िया बोर्ड जो लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार की नितियां बनाएंगा इस अख़बार की एक अन्य सुर्खी है टैक्सी ऑपरेटर ज्यांइट एक्शन कमेटी का ऐलान शिमला में नहीं चलने देंगे बाहरी टैक्सियां

दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय बेकाबू होता डेंगू में चिंता जताते हुए लिखा है हिमाचल में डेंगू के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की कार्यकुशलता की पोल भी खोल रहा है